वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा सरकार अर्थव्यवस्था और निर्यात बढाने के लिए साहसिक कदम उठाने को तैयार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जैविक हथियारों का आतंकवाद एक बडा खतरा जिससे निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं को आगे आना होगा

प्रदेश में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मौसम विभाग ने कहा प्रदेश में अभी सक्रिय रहेगा मॉनसून

इस योजना के तहत पांच करोड़ लघू और सीमान्त किसानों को तीन हजार रूपये हर महीने की न्यूनतम पेंशन देकर उनका जीवन स्रक्षित बनाया जायेगा

प्रधानमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार स्वरोजगार पेंशन योजना का भी शुभारम्भ किया

उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में अरबों डॉलर का निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ रही है नई दिल्ली में आज व्यापार बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार निर्यात ऋण के लिए एक योजना बनाएगी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने का काम कर रहा है

उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं को इस खतरे से निपटने के लिए आगे आना होगा

उन्होंने कहा कि युद्ध लड़ने के नये और गैर पारम्परिक तरीके हमारे लिए चुनौतियां हैं राजनाथ सिंह ने कहा कि परमाणु रसायन और जैविक यूद्ध इस खतरे में शामिल हैं रक्षामंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं को इन चुनौतियों को पहचानना होगा

आज जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में घर घर सर्वे किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधानी और जागरूकता की जरूरत है उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बारे में पशुपालकों को अधिक सजग रहने की जरूरत है गौरतलब है कि कांगो किमिएन हिमरेजिक फीवर में मनुष्य को वायरस जनित कीट के काटने से होने की आशंका रहती है और राज्य में इस बीमारी के कुछ रोगी सामने आये हैं अजमेर जिले में कांगो फीवर को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यह टीम विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा कर्भियों की कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें कांगो फीवर के लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी देगी

गौरतलब है कि सभी प्रशिक्ष् आईएएस अधिकारी अपने कैडर में जाने से पहले केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में सहायक सचिव के तौर पर प्रशिक्षण लेते हुए कार्य करते हैं

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती का कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है ताकि पारदर्शी ढंग से पात्र और उत्कृष्ट आवेदको का चयन हो सके सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ नीरज के पवन ने बताया कि भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आगामी नबम्बर में लिये जाने की संभावना है

इसलिए इन डेयरियों ने स्कूलों में दूध की सप्लाई बंद कर दी है श्री भारद्वाज ने आज जयपुर में कहा कि पिछली सरकार ने बच्चों के पूर्ण पोषण के लिए अन्नपूर्णा दुग्ध योजना शुरु की थी जिससे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढने वाले दो लाख से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल रहा था

रीजनल आउटरीच ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागों ने पिछले माह किये प्रमुख कार्यों का विवरण दिया तथा आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी

बूंदी में इस पर्व को सडक सुरक्षा से जोडते हुए लोगों को जागरुक करने के लिए गणपति बप्पा सीट बेल्ट बांधे हुए नजर आये

वहीं राजधानी जयपुर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जल महल पर श्रद्धालओं की भीड़ रही झालावाड़ जिले में आज विभिन्न पांडालों घरों प्रतिष्ठानों में विराजे गणपति जी को पवित्र सरोवर में विसर्जन के लिए ले जाया गया गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान झालावाड में एक बच्चे की डुबने से मौत हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि आस पास इकट ठा लोगों ने बच्चे के पिता को पानी से संकृशल बाहर निकाल लिया

इसके लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एन डी आर एफ के बीच एक समझौता हुआ है

इनमें राजस्थान से भरतपुर जिले को शामिल किया गया है

भरतपुर के केन्द्रीय विद्यालय में आज स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया

झालावाड के झालरापाटन में जल शक्ति अभियान के तहत नगर पालिका और प्रजापिता ब्रह्मक्मारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आज गोमती सागर तट पर सफाई अभियान चलाया गया भरतपुर में पालनहार सहित अन्य पेंशन योजना के पात्र लोगों के आवेदन भरवाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में शिविर लगाये जायेंगे करौली जिले के टोडाभीम ब्लॉक में आज टीबी नियंत्रण के विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया भरतपुर में आज जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई कर सम्बन्धित अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये

उन्होंने बताया कि कल बांसवाडा और झालावाड में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं इस बीच प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के समाचार हैं

उंधर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और तेज उमस से लोग परेशान हैं